ग्रू रविदास जी की जयंती आज देश भर में पूरी श्रद्वा व हर्षोल्लास से मनाई जा रही है

भारत के म्ख्य न्यायधीश एस ए बोबडे ने इस बात पर बल दिया है कि देश में एक ऐसा कानून बनाया जाये जिसके तहत केस की शुरूआत करने से पहले ही मध्यस्थता किया जाना अनिवार्य हो

इंडियन कांउसिल आफ आर्बिट्रेशन आईसीए और एफआईसीसीआई के दवारा आयोजित अतंराष्ट्रीय संगोष्ठी में श्री बोबडे ने कहा कि अब ऐसा कानून बनाये जाने का उचित समय आ गया है जिससे मध्यस्थता किया जाना जरूरी हो और मामले न्यायालय में जाने से पहले ही आपसी सहमति से निपटाये जा सके मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज की मध्यस्थता ही किसी भी तरह के विवाद का निपटारा किये जाने का सर्वाधिक पंसदीदा तरीका है जो त्रंत व कम खर्च में ही संभव हो जाता है भारत में मध्यस्थता के जरिये सामाजिक जवन और व्यावसायिक कार्यो को सुलझाने की प्रवृति बहत गहरी है

इसमें भारत नेपाल सीमा भारत भूटान सीमा भारत बांगलादेश सीमा व भारत म्यानमार सीमा भी शामिल है डीजीसीए ने फिर से कहा है कि किसी भी चीन के नागरिक को यदि वीज़ा पांच फरवरी से पहले जारी किया गया है उसे रदद कर दिया गया है उधर इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडीगो ने भारत चीन के बीच की सभी उड़ाने रद्द कर दी है

अभी तक केरल में तीन भारतीय का करोना वायरस टेस्ट पाजिटिव आया है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है और ये देश के लोगों के बीच की पारंपरिक भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है

इस अभियान में भारत की संस्कृति विरासत व धरोहर को दर्शाया जायेगा जिसमें खान पान क्राफ्ट रीतिरिवाज वेषभ्षा रहन सहन आदि शामिल है

ये एक सामूहिक पहचान की भावना को भी बढ़ावा देगा एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिये राज्यों के बीच आपसी तालमेल की बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा और आपसी अनुभव और अच्दे व्यवहारों को सांझा किया जायेगा ताकि सभी के बीच सौहार्द बढ़े राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशों की जोड़ी बनायी गयी है जिसमे हरियाणा और तेलगांना एक साथ इसे गये है जम्मू व कश्मीर को तामिलनाडू से पंजाब को आंध्र प्रदेश से जोड़ा गया है

श्री मोदी ने टवीट के जरिये लोगों से आग्रह किया है कि वो सुझाव दे कि किन विषयों पर पर अगला मन की बता कार्यक्रम हो

ग्रू रविदास जी की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है

आज लाखों श्रदवाल् वाराणसी में सीर गोवर्धन में गुरू रविदास जन्म स्थान मंदिर पर नतमस्तक हये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रू रविदास पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है श्री कोविंद ने कहा कि ग्रू रविदास ने हमेशा शांति सदभावना और भाईचारे का संदेश दिया श्री मोदी ने टवीट कर कहा है कि ग्रू रविदास जी की बाणी और शिक्षायें आज के समाज में भी पूरी तरह प्रासंगिक है

हरियाणा के उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने संत रविदास जयंती पर देश व प्रदेश वासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा िक क्स्क्षेत्र में पांच एकड़ ज़मीन पर विशाल रविदास मंदिर बनाया जायेगा

श्री चौटाला सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

उपाय्क्त म्केश क्मार ने ग्रू रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्होंने समाज को जाति पाति छुआछूत और आडंबरों से दूर रहने का संदेश दिया

करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त अनिश यादव ने आज ग्रू रविदास की जयंती पर आयोहित समारोह में कहा कि उन्होंने समाज में ऊंच नीत का भेदभाव मिटाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया

इससे पिछले नौ दिनों में अब तक मेले में श्रमण करने वाले पर्यटकों की संख्या दस लाख से अधिक पहंच च्की है रविवार को भारी भीड़ के चलते स्थिति यह है कि सभी पार्किंग फ्ल हैं और मेला परिसर में चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है

यही वजह है कि आज छुट्टी होने के चलते मेले में आने वाले दर्शकों की संखया अधिक थी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गुरुक्ल की शिक्षा प्रणाली प्राचीन समय से ही चली आ रही है और यहां की शिक्षा पद्धति हमारी संस्कृति और विचारों को भी शुद्ध करती हैं गांव रुडक़ी में चल रहे इस कन्या ग्रुक्ल में हमारी बहने और बेटियां अच्छे संस्कार प्राप्त कर भविष्य में आगे बढ़े ये कामना श्री चौटाला ने की